पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी आज जयन्ती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्रो नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई केन्द्रीय मंत्रियों और भाजपा तथा विपक्ष के नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की सूबह राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया प्रधानमंत्री ने एक टवीट में मानवता के प्रति महात्मा गांधी क योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि गांधीजी के सपनों को साकार करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम सभी को भिलकर कठोर मेहनत करने का संकल्प लेना चाहिए एक संक्षिप्त वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि गांधीजी का शांति का संदेश विश्व के लिए आज भी प्रासंगिक है

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयन्ती के अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने फिट इंडिया प्लागिंग रन अभियान के तहत सड़कों से प्लास्टिक उठाने का काम किया

मेरठ में केन्द्रीय पश् पालन और डेरी विकास राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान ने भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मैराथन का उददेश्य फिट इंडिया सिंगिल यूज प्लास्टिक के उपयोग तथा स्वच्छता के प्रति संदेश देना था इस अवसर पर श्री बालियान ने कहा कि गांधी जयन्ती के अवसर पर लोगों को पॉलीथीन उपयोग न करने का संकल्प लेना चाहिए

इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि शास्त्री जी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता की प्रतिमूर्ति थे

उन्होंने कहा कि यूवा पीढ़ी को शास्त्री जी के आदर्शो को आत्मसात कर राष्ट्र के नव निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए औरैया में एक स्वैच्छिक संस्था द्वारा डांडी रैली का आयोजन किया गया तथा नगर वासियों ने स्वच्छता का संदेश आम लोगों को देने के लिये रैली निकाली इसके अलावा चित्रकूट सम्भल चन्दौसी मऊ बलिया सहित अन्य ज़िलों में भी इन दोनों महापुरूषों की जयन्ती पर विभिन्न कार्यक्रमों में इनके योगदान को याद किया गया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

इस विशेष सत्र में श्री योगी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को नमन करते हुए कहा कि गांधी जी ने अहिंसा के जरिए उददेश्य को प्राप्त करने की दिशा दिखाई उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये शास्त्री जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता अपने सम्बोधन में श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य से ग़रीबी ख़त्म कर अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के लक्ष्य बिन्दुओं का जिक्र करते हुये श्री योगी ने कहा कि इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं गरीबी की पूर्णता समाप्ति की दिशा में क्या कार्य योजना बन सकती है इस पर चर्चा करने के लिये पहला विषय यह है दूसरा भुखमरी की समाप्ति जिसमें खाद्य सुरक्षा की गारंटी के साथ ही बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इस गोल के अन्तर्गत रखा गया है तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पांचवा है लैंगिक समानता छठा है साफ स्वच्छ और पानी और स्वच्छता के रिशन को पूर्ण करना सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा आठवां है अच्छा काम और आर्थिक के लक्ष्यों को प्राप्त करना है नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि से कार्य करना रसवां है असमानता में कमी ग्यारहवां है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास के लिये ठोस कार्य योजना बनाना बारहवां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करना तेरहवां है जलवायु परिवर्तन चौदहवां है भूमि पर जीवन सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थली परिस्थिति की प्रणालियां सुरक्षित जंगलों भू संरक्षण और जैव विविघता के बढ़ते नुकसान को रोकने के लिये निरंतर प्रयास और उसके लिये ठोस कार्य योजना बनाना पन्दहवां है शांति और न्याय की स्थापना और सोलहवां लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के अनुपस्थित होने पर मुख्यमंत्री ने कहा विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष का गैर हाजिर रहना न सिर्फ सदन की अवमानना है बल्कि बापू का भी अपमान है उधर विधान परिषद में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा कि इन दोनों महापुरूषों का जीवन दर्शन और दृष्टि सभी के लिये प्रेरणादायक है श्री शर्मा ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य बिन्दुओं को हासिल करना इन दोनों नेताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी

इस दौरान मंत्रियों और सदस्यों को अलग अलग बिन्दुओं पर विचार रखने के लिये समय निर्धारित किया गया है इससे सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास के लक्ष्यों के बारे में सुझाव देने का अवसर मिलेगा

पद यात्रा श्रू होने से पहले उन्होंने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि गांधी जी ने जीवन पर्यन्त सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल कर लोगों को प्रेरित किया है श्रीमती गांधी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराध नित्य बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में सम्पन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इक्कीस प्रस्तावों को मंजूरी दी गई इनमें प्रदेश में दूसरे चरण के तहत चौदह जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने और चौदह जिलों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी शामिल है राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकान्त शर्मा ने देर रात मीडिया को मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि लखनऊ गोरखपुर वाराणसी प्रयागराज और मथुरा वृन्दावन सहित चौदह जिलों में यातायात को सुगम बनाने के लिये सात सौ इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जायेगा

इसके अलावा प्रदेश में दूसरे चरण के तहत सुल्तानपुर चन्दौली गोण्डा बुलन्दशहर अमेठी सहित चौदह जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे मंत्रिमंडल ने वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के विस्तारीकरण और सौन्दर्यीकरण के दूसरे चरण के कार्य के लिये लगभग तीन सौ उन्नीस करोड़ रूपये भी मंजूर किये हैं

यह बंदी अदालत द्वारा दी गई सज़ा पूरी कर चुके हैं